आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोलंग नाला व सिस्सू में जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा एक बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों व जवानों से मिलने का भी कार्यक्रम है इस दौरान केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि ये टनल कृषि बागवानी व पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी

वीरेंद्र कंवर कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किसानों को केवल प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए है ऊना से आज प्रदेश के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलास्तर पर प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी कंवर ने कहा कि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने की जरूरत है जिसके लिए प्रदेश के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करना होगा उन्होंने कहा कि किसानों को विभाग की ओर से गुणवत्ता पूर्ण कृषि उपकरण उपलब्ध करवाएं जाएं और घटिया उपकरणों को अनुमोदित करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएंगी

इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला औहर में निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला महिला मंडल भवन व पंचायत भवन का उद्घाटन और मंनोरंजन पार्क का शिलान्यास शामिल है इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दे रही है और गांव के विकास से ही प्रदेश व देश का विकास संभव है सुखराम चौधरी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सिरमौर जिला के ठाकर गवाना के सैनकि प्रशांत ठाकुर के परिजनों से आज मुलाकात की उन्होंने परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया ऊर्जा मंत्री ने गांव की सिंचाई संबंधी समस्या को जल्द सुलझाने के अधिकारियों को निर्देश दिए कमलेश कुमारी भोरेंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक कमलेश कुमारी ने कहा है कि क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न कम्पनियों से सम्पर्क करके रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज भोरंज में आईटीआई व डिप्लोमा धारक युवाओं के साक्षात्कार लिए गए कमलेश कुमारी ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना अति आवश्यक है बरागटा मुख्य सचेतक व जुब्बल कोटखाई नावर के विधायक नरेन्द्र बरागटा ने सेब बाहुल्य क्षेत्र में बागवानी विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिमला में एक भेंट के दौरान उन्होंने बागवानी सुदृढ़ीकरण की अन्य तकनीकें उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया बरागटा ने चर्चित गुड़िया कांड मामले में भी मुख्यमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की और उन्हें इस संबंध में लोगों की भावनाओं से भी अवगत करवाया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में आज राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा इससे पूर्व रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे मौन भी रखा गया